वीरेन्द्र कंवर ने कहा अनुमानित लागत पर अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी

सोलन निर्वाचन क्षेत्र में जौणाजी पंचायत में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कनाह के नवनिर्भित भवन के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही राजीव सहजल ने कहा कि सोलन ज़िले को विभिन्न योजनाओं के तहत समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी सहजल ने कहा किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए जल से कृषि को बल नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी इसके तहत आगामी पांच वर्षों में अढ़ाई सौ करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर देश के किसानों को सीधी आय सहायता लागू करने की मांग की है धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि आजादी से लेकर आज तक कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा शांता कुमार ने कहा कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद भारतीय खाद्य निगम के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी ने भी किसानों को सीधी आय सहायता देने की मांग मुख्य रूप से की थी उन्होंने कहा कि निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और यदि खाद्यान वितरण व्यवस्था में उपभोक्ता को सीधे खाते में धन उपलब्ध करवाया जाए तो भ्रष्टाचार व फिजूलखर्ची खत्म होगी

उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण व पंचायत स्तर की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि वे अपनी प्रतिभा निखार सके अनुराग ठाकूर ने कहा कि खेल महाकूंभ में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के करीब एक लाख युवाओं तक पहुंच कर उन्हें खेलों के जरिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है

ग्रामीण डाक सेवक संघ सोलन मंडल के सचिव मुकंदलाल वर्मा ने कहा कि सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और केन्द्र सरकार डिजिटल इंडिया के चलते डाक सेवकों से सौतेला व्यवहार कर रही है उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने पर ही हड़ताल वापिस ली जाएगी सड़क मार्ग लाहौल स्पीति जिले में ग्राम्फू काजा सड़क की खस्ता हालत से स्पीति में पर्यटन कारोबार प्रभावित होने के अलावा लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है

लोगों का कहना है कि सड़क गड़ढों में तबदील हो चुकी है जिससे पर्यटक यहां आने से गुरेज कर रहे हैं और मरीजों को ले जाने में भी परेशानी हो रही है